प्रसार भारती और आईआईटी कानपुर के बीच नई टैक्नोलोजी और प्रसारण से जुडे क्षेत्रों में अनुसंधान के लिये हुआ समझौता आईसीसी किकेट विश्वकप में रविवार को होने वाले फाइनल में इंग्लैण्ड और न्यूजीलैण्ड की टीमे एक दूसरे को देंगी टक्कर राज्य सरकार पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बंद किये गए स्कूलों को वापस खोलेगी शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बंद किये गये विद्यालयों को शुरू करने के लिए ब्लॉक के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधीयों से सुझाव मांगे थे इन सुझावों की जिला कलेक्टर के स्तर पर गठित समिति द्वारा समीक्षा की जायेगी उन्होंने बताया कि जो विद्यालय नियमों को पूरा करते हैं उन्हें दुबारा शुरू किया जायेगा उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवरसिंह भाटी ने कहा है कि सरकारी कॉलेजों में खाली पदों में से एक हजार शिक्षकों के पद शीघ भरने के प्रयास होंगे श्री भाटी कल विधानसभा में विधायकों द्वारा पूछे पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे

विघानसभा में कल सवर्ण आरक्षण में कमजोर वर्ग को लाभ दिलाने के लिए नियमों में शिथिलता बरतने की मांग उठाई गई शुन्यकाल में भाजपा के कालीचरण सराफ ने यह मामला उठाते हए कहा कि सवर्ण जाति के कमजोर वर्ग के परिवार को आरक्षण का लाभ देने के लिए आठ लाख रूपए तक की सालाना आय का नियम रखा गया है जो व्यवहारिक नहीं है

इस पर संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि नियमों में शिथिलता दी गई तो उसका लाभ धनी लोग उठा लेंगे और गरीब वंचित रह जाएंगे

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी देते हुए कहा कि इस परियोजना को वित्त मंत्रालय ने सैद्वान्तिक रूप से मंजूरी दे दी है सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले पांच वर्ष में सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र में बीस लाख से अधिक रोजगारों का ॅसृजन किया है

जोधपुर के संभागीय आयुक्त बी एल केठारी ने बाडमेर के जसोल की जांच रिपोर्ट सरकार को भेज दी है

बहरोड़ के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पांच बिंदुओं पर दुबारा जांच करने की पुलिस की मांग को स्वीकार कर लिया है पुलिस अपनी जांच पूरी करने के बाद अदालत में पूरक चार्जशीट दाखिल करेगी

इस कदम से प्रसारण के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा मिलने की संभावना है इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति और आई आई टी कानपुर के निदेशक अभय करंदीकर उपस्थित थे

देशभर में लाल ईटों का उत्पादन करने वाले ईट भट्टों को बचाने के लिए भट्टा मालिकों ने एक बार फिर केन्द्र सरकार से गुहार लगाई है इस सम्बंध में राजस्थान और पंजाब का एक संयुक्त शिष्टमण्डल नई दिल्ली में केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मिला गौरतलब है कि मंत्रालय ने देशभर में लाल ईंटो का उत्पादन करने वाले भट्डा मालिकों को फ्लाईएश से ईंटे बनाने के आदेश दिये हैं सरकार के इस आदेश का ईंट भट्ठा मालिक लगातार विरोध करते आ रहे हैं उनका कहना है कि इन भट्ठों को किसी ओर तकनीक में तब्दील नहीं किया जा सकता उनका कहना है कि भट्टे बंद होने से देशभर में लाखों श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे

ड्रंगरपुर में कल एक मोटरसाईकिल के फिसल जाने से एक युवक की मौके पर ही मृत्यू हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया

उधर सवाईमाघोपुर के रावल गांव में कल एक तालाब में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई

आईसीसी क्रिकेट विश्वकप के फाइनल में रविवार को इंग्लैण्ड और न्यूजीलैंण्ड के बीच मुकाबला होगा

कल बर्मिघम में खेले गये दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैण्ड ने ऑस्ट्रेलिया को आठ विकेट से हरा दिया